निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर आयोग के कामकाज पर मीडिया रिपोर्टो पर जताई कड़ी नाराजगी देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट आज जयपुर में जारी होगा राज्य में लगातार कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है अधिकांश स्थानों पर धूलभरी आंधी के साथ बरसात की खबरें लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे है इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और केन्द्र शासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान किया जा रहा है आज वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पटना साहिब से केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत मत पेटी में बंद हो जाएगी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा र्क अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है एक बयान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने इस बारे में मीडिया रिपोर्टो का हवाला देते हए कहा कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लवासा की असहमति को रिकॉर्ड नही किया इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टो पर कड़ी नाराजगी जताई है हाल में आयोग की एक बैठक में सर्वसम्मिति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुद्दों पर विचार के लिए एक समूह गठित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में फिल्म अभिनेता से राजनीति में आए भाजपा उम्मीदवार सनी देओल को नोटिस जारी किया है आयोग ने लोकसभा चुनाव के सातवें दौर के लिए प्रचार खत्म होने के बाद पठानकोट में सनी देओल की एक जनसभा को संबोधित करने के मामले को गंभीरता से लिया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सोलह दिन में जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश कर दिया है

मामले का विडियो वायरल करने पर यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में पैंतीस गवाह हैं

राज्य में चल रही वन्यजीवों की गणना आज सुबह संपन्न हो गई यह गणना कल सुबह शुरू की गई थी प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और वनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों द्वारा यह कार्य किया गया वन्यजीवों की गणना वॉटर होल्स के जरिए की गई

बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा विभाग इन दिनों स्वास्थ्य जांच के साथ खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है जिससे बच्चों का जीवन खुशहाल हो और उनमें सोचने की क्षमता विकसित हो सके राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास के प्रयास किए जा रहे है इस कड़ी में कल छोटी सरवन पंचायत समिति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोडी तेजपुरकी ओर से आंगनबाडी केन्द्र डूंगरा में किशोर किशोरी स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया

स्वास्थ्य जांच के बाद मेंहदी और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट आज जयपुर में जारी होगा वॉलेट के माध्यम से रक्तदाता द्वारा दिए गए रक्त का डिजिटल लेनदेन शुरू किया जाएगा यह वॉलेट बैंकिग प्रणाली पर आधारित है

यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के चैयरमेन डॉ एसएस अग्रवाल ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान स्वास्थ्य कल्याण डाक आवरण भी जारी किया जाएगा इक्वेडोर और अलसलवाडोर के राजद्रतों ने कहा है कि भारत के सहयोग से वे अपने देशों में विशेष शिविर लगाकर विकलांगों को जयपुर फुट लगवाने का प्रयास करेगे दोनों राजद्रत कल जयपुर फुट निर्माण केन्द्र का अवलोकन कर रहे थे उन्होंने इस कृत्रिम पैर के बारे में और इसकी विशेषताओं की जानकारी ली इक्वेडोर के राजदूत हेक्टर क्यूबा जेकोम और अलसलाडोर के राजदूत एरियन आन्द्रेय गलिन्दो को जयपुर फूट के मुख्य संरक्षक डीआर मेहता ने जयपुर फूट की निर्माण विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी बीकानेर जिले में कावनी चौराहे के पास कल जेसीबी मशीन और कैम्पर की टक्कर में कैम्पर में सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है उधर करौली मासलपुर मार्ग पर दीपपुरा गांव के पास कल देर रात अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को करौली के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है सुदीरमन कप बैडमिंटन ट्र्नामेंट आज से चीन के नाननिंग में शुरू हो रहा है भारतीय टीम का पहला मैच मंगलवार को मलेशिया से होगा महिला सिंगल्स में पीवीसिन्धू और साइना नेहवाल और पुरूष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा भारतीय चुनौती पेश करेंगे जयपुर में चल रहे दृष्टि बाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच जयपुर पिंक ने जीता है और दूसरे में अजमेर ग्रीन ने जीत हासिल की है लूईब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान और इण्डियन ऑयल द्वारा आयोजित तीन दिन की यह प्रतियोगिता कल जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शुरू हुई

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है राजस्थान खेल परिषद की ओर से पिछले छह दशकों से माउन्ट आबू में लगने वाला ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हुआ

कल पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई बीकानेर बाडमेर नागौर सीकर श्रीगंगानगर पाली जालौर और डूंगरपुर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के समाचार हैं